मण्डी में आज अधिकारियों के साथ चुनाव प्रबंधों को लेकर बैठक में उन्होंने कहा कि विशेष रूप से दिव्यांग मतदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए उन्होंने अधिकारियों को पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को कहा देवेश कुमार ने कहा कि स्वतंत्र निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित बनाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाने चाहिएं उन्होंने विभिन्न गतिविधियों की निगरानी और वाहनों के नियमित निरीक्षण के भी निर्देश दिए हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता जागरूकता व पंजीकरण अभियान को लेकर मण्डी ज़िला प्रशासन के प्रयासों की सराहना भी की

ऐसे में चुनाव प्रचार लगातार जोर पकड़ता जा रहा है मण्डी से भाजपा उम्मीदवार राम स्वरूप शर्मा ने आज सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र जबकि शिमला से प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने सोलन जिले के चायल कण्डाघाट साध्यपुल और वाकनाघाट सहित आसपास के अन्य इलाकों में चुनाव प्रचार किया कांगड़ा से प्रत्याशी किशन कपूर डलहौजी और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर चिंतपूर्णी व जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में रहे

शिमला संसदीय सीट से प्रत्याशी धनीराम शांडिल ने आज रेणुका विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जन संवाद कार्यक्रमों में भाग लिया मण्डी से उम्मीदवार आश्रय शर्मा ने मनाली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया उन्होंने कहा कि यदि वे चुनाव जीतते हैं तो युवाओं को रोज़गार देने के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी अनुराग ठाकुर लोकसभा चुनाव में हमीरपुर से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाक्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व पटल पर आज एक नए भारत की परिभाषा गढ़ रहा है ऊना के चिंतपूर्णी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की लोकप्रियता और विश्वसनीयता से विपक्षी खेमे में हताशा का माहौल है अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश आज मज़बूत हाथों में है और हर भारतवासी इस बात को महसूस कर रहा है नियुक्ति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश के चारों संसदीय चुनाव क्षेत्रों में प्रेक्षक नियुक्त किए हैं उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिश्ट को कांगड़ा दिल्ली के राजीव गंभीर को मंडी चंडीगढ़ के पूर्व उप महापौर एचएस लक्की को हमीरपुर जबकि चक्रवर्ती शर्मा को शिमला संसदीय क्षेत्र का प्रेक्षक बनाया गया है पार्टी के एक प्रवक्ता के अनुसार इन सभी को संबंधित क्षेत्रों में पार्टी नेताओं से तालमेल बनाकर चुनाव संबंधी गतिविधियों का कामकाज देखने को कहा गया है माकपा मांग माकपा नेता व विधायक राकेश सिंघा ने हाल ही में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर राज्य सरकार से प्रभावितों को उदार सहायता के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया है मुख्य सचिव बीके अग्रवाल को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि प्रदेश के अनेक भागों में हुई ओलावृष्टि से फल व सब्ज़ी उत्पादकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि शिमला ज़िले के ऊपरी इलाकों में हुए नुकसान का भी अभी तक जायज़ा नहीं लिया गया है हनुमान जयंती हनुमान जयंती आज देश सहित प्रदेश में भी धार्मिक श्रद्वा व उल्लास के साथ मनाई गई इस अवसर पर हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा और लोगों ने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की शिमला के जाखू मंदिर में हनुमान जी को सवा क्विंटल का रोट चढ़ाया गया मंदिर में सुबह से ही भजन कीर्तन का दौर जारी है और माहौल भक्तिमय बना हुआ है विभिन्न स्थानों पर विशेष भंडारों का भी आयोजन किया गया गुड फ्राईडे गुड फ्राईडे के मौके पर राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य भागों में गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं

शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित क्राईस्ट चर्च में हुई विशेष प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में विशेषकर ईसाई समुदाय के लोगों ने भाग लिया

इस दौरान लोकतंत्र की मज़बूती के लिए लोगों को मतदान के प्रति भी जागरूक किया जाएगा कार्यशाला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मण्डी में हिमालयी क्षेत्र के जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक बदलाव की घटनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला लगाई गई है